तीनों सेनाओं के प्रम्खों ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को प्ष्पाजंलि अर्पित की

हिसार में दो लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अन्सूचित जाति अन्सूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के निपटान के लिए विशेष अदालतों की स्थापना से संबंधित मामले पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए है आरंभ में ऐसे न्यायालय उन चार जिलों में स्थापित किये जाएंगे जहां लम्बित मामलों की संख्या अपेक्षाक़त अधिक है

बैठक में बताया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति के विरूद्घ अत्याचार के मामलों के निपटान के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एक की अदालत को विशेष अदालत के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है हालांकि विशेष अदालतों की स्थापना का मामला विचाराधीन है

बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा अन्सूचित जातियों से संबंधित लोगों के विरूद्व अपराध के कारणों का पता लगाने के लिए सामाजिक पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा और प्लिस विभाग विशेष रूप से जिला हिसार भिवानी कैथल और रेवाड़ी में हत्या हत्या के प्रयास और चोट पहंचाने के मामलों में वास्तविक मकसद का विश्लेषण करेगा ताकि इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा सकें आज नौसेना दिवस मनाया जा रहा है

इस य्दव में भारतीय युद्धपोतों ने कराची बंदरगाह पर हमला कर पश्चिमी तट पर पाकिस्तान के हमले को विफल किया राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना से ज्ड़े सभी प्रूषों व महिलाओं को श्भकामनाएं दी है एक टिवीट में श्री कोविंद ने कहा क देश की सम्द्री सीमाओं की रक्षा व्यापार मार्गो की स्रक्षा और मानवीय आपदाओं के समय सहायता उपलब्ध कराने मे नौसैनिकों की प्रतिबद्वता पर राष्ट्र को गर्व है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी नौसेना दिवस पर सभी नौसेना अधिकारियों और उनके परिवारों को श्भकामनाएं दी है

भारत उस पर आभार व्यकत करता है नौसैना प्रम्ख एडमिरल स्नील लांबा सेना प्रम्ख जनरल बिपन रावत और हवाई सेना प्रम्ख मार्शल बी एस धनोया ने नौसेना दिवस पर अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रदवाजंलि दी आकाशवाणी से बातचीत में एडमिरल लांबा ने राष्ट्र को आश्वासन दिया कि नौसो किसी भी युद्ध के लिए तैयार है सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्देश दिए है कि विधायकों और सांसदों के विरूदव लम्बित अपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए बिहार और केरल में प्रत्येक जिले मे विशेष अदालते गठित की जाये

न्यायालय ने कहा कि विशेष अदालते सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई करते समय आजीवन कारावास के मामलों को प्राथमिकता देगी

केन्द्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि रेवाड़ी शहर के रेलवे लाइन पार के क्षेत्र मे बसी कालोनियों में रह रहे लोगों के लिए दोहरे फाटक से गुजरना बहत बड़ी संख्या थी उन्होंने कहा कि इस कार्य को तेज़ी से संपन्न कराया जायेगा ताकि लोगों को शहर में आने जाने में आसानी हो और हादसों से बचा जा सके

मंत्री ने बताया कि अंडरपास में बरसात के समय पानी भरने की समस्या के मद्देनज़र अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे अंडरपास में ऐसा प्रावधान करें कि बरसात में इसमें पानी जमा न होने पाये केन्द्रीय मंत्री ने कहा िक रेवाड़ी जंकशन अंग्रेजों के समय एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंकशन था इससे ऐतिहासिक पहचान दिलाने के फिर से प्रयास किये जायेंगे तथा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्विधा के लिए शौचालय व पेयजल के साथ साथ अन्य जन सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जायेगा उन्होंने बताया कि सात करोड़ रूपये से रेलवे दवारा समीपवर्ती बस्ती में विकास कार्य करवाएं जायेंगे राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भाडावास रेलवे फाटक पर भी अंडर पास बनाने के लिए कहा गया है हरियाणा के बड़े शहरों व कस्बों में हरियाणा खादी व ग्रामोंधोग बोर्ड दवारा हर खादी के नाम से सब स्टोर खोले जायेंगे तकिा खादी व ग्रामोधोग के स्वदेशी उत्पाद नागरिकों को आसानी से उपलब्ध हो सकें ये निर्णय पंचक्ला में खादी व ग्रामोधोग बोर्ड की अध्यक्षता गार्गी कक्कड़ की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड की त्रिमासिक बैठक में लिया गया

हिसार में आज दो लोगों ने मेयर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए इनमें से एक उम्मीदवार का नाम हेंमत सिंह फोगाट है जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हडडा के करीबी माने जाते है जबकि दूसरे का नाम अनिल कुमार है जिन्होंने निर्दलीय के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया है